अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर में रहकर ही योग करने का किया आहवान

इनमें बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान झारखंड और ओड़िसा राज्य शामिल हैं इस अभियान का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को पचास हजार करोड़ रुपये के फंड से आजीविका के अवसर प्रदान करना है प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पांच अन्य मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में बिहार में खगडिया जिले के तेलिहर गांव से वर्चुअल रूप से इसकी शुरूआत की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोरोना आपदा के समय गरीब वर्ग का विशेष ध्यान रखा है और उन्हें स्वरोजगार के अधिक अवसर दिए गए हैं योग दिवस कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही योग दिवस मनाएं उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें घर पर ही रहकर मनाना होगा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी प्रदेश वासियों से घर में रहकर ही योग दिवस मनाने का आग्रह किया है

शिमला में आज सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके

परियोजना के निदेशक राकेश कंवर ने प्राकृतिक खेती की कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी

भोरंज क्षेत्र में शहीद के पैतुक गांव करोहता में आज मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से भेंट कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी जयराम ठाक्र ने शहीद अंक्श ठाक्र को भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ है कैबिनेट मंत्री वीरेन्द्र कंवर और गोविंद ठाकुर सहित सांसद रामस्वरूप शर्मा इस मौके मौजूद रहे हिमाचल कोविड प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लागतार वृद्धि जारी है

इनमें से अधिकांश लोग राज्य के बाहर से आए हैं जो क्वारंटीन केन्द्रों में रह रहे थे

मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का लाभ समाज के सभी पात्र लोगों तक पहंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं केलंग में आज पैकेज के तहत अनेक योजनाओं व विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में उन्होंने कोरोना के कारण रूके हुए विकास कार्यो में तेजी लाने को कहा मारकंडा ने अधिकारियों को ईंधन की लकड़ी में राशन का भी समय रहते भण्डारण करने के निर्देश दिए

इन श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच की गई और इन्हें खाने के पैकेट भी दिए गए राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में हिमाचल अन्य राज्यों की तुलना में सफल रहा है सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और रूके हुए कार्यों को दुबारा से शुरू किया जा रहा है शिक्षा बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मैट्रिक और जमा दो कक्षा के कम्पार्टमेंट वाले विद्यार्थियों के लिए अगस्त व सितम्बर में अनुपूरक परीक्षा संचालित करेगा

रैली विश्व हिन्दू परिषद ने आज चम्बा में एक विरोध रैली निकालकर चीन में बने उत्पादों का प्रयोग न करने का संकल्प लिया परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर केशव वर्मा ने कहा कि चीन ने भारत की सीमा पर घुसपैठ कर भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया है जिसका प्रत्येक भारतवासी विरोध करता है